और प्रदेश भर में जन्माष्टमी की धूम मंदिरों में भव्य आयोजन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा है कि इस वर्ष इकतीस अगस्त तक पांच करोड़ बयालीस लाख लोगों ने आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग की जबकि पिछले वर्ष इस समय तक तीन करोड़ सत्रह लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किए थे डीआईजी सेंट्रल रेंज ने तीन साल प्रानी तारीख में चेक भुनाने का सनहा दर्ज करवाने और आभूषण व्यवसायी से अस्सी लाख की ठगी के आरोप में बिहार यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लालन कुमार की गिरफ्तारी का आदेश दिया है इस मामले में कोतवाली थाने के एएसआई विक्रमादित्य झा और सिपाही मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है इन दोनों ने मिलकर गलत तरीके से पुरानी तारीख में चेक भुनाने का सनहा दर्ज करवा दिया था प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है इस दौरान इकतीस अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची में संशोधन का कार्य किया जायेगा साथ ही मतदाताओं की शिकायतों का त्वरित निष्पादन भी होगा सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी दो हजार उन्नीस को होगा इस दौरान मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने हटाने मतदान केंद्रों का स्थानांतरण कराने या नाम सही कराने के लिये आवेदन दे सकते हैं पटना जिले में अगामी सोलह सितंबर को सभी मतदान केंद्रों में विशेष निबंधन शिविर का आयोजन किया जायेगा इस शिविर में अठारह से इक्कीस वर्ष की आयु के युवक युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के साथ ही अन्य प्रनरीक्षण कार्य भी किये जायेंगे नेपाल में हुयी बारिश के कारण बागमती नदी ढेंग और बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं गंगा भी पटना में इस साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी है इलाहाबाद में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिसके चलते पटना में भी दो तीन दिनों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है फिलहाल गांधी घाट में गंगा खतरे के निशान से चार सेंटीमीटर ऊपर बह रही है कमला बलान का जलस्तर झंझारपुर में खतने के निशान से ऊपर है जबकि घाघरा नदी भी राज्य में दो स्थानों पर लाल निशान को पार कर गयी है प्रनपुन और सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है जिसके कारण इन नदियों में बाढ़ की आशंका फिलहाल नहीं है इस बीच प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण ने जल संसाधन विभाग में पदभार ग्रहण करने के बाद उच्च स्तरीय बैठक कर बाढ़ की स्थिति और सिंचाई व्यवस्था की जानकारी ली नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ से बचाव के लिये चिन्हित स्थलों पर ईसी बैग नायलन क्रेट जियो बैग बीए वायर क्रेट और बालू जमा कर दिया गया है अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल राज्य के सभी तटबंध सुरक्षित हैं राज्य के मछली उत्पादकों को जल्द ही मछली बीमा का लाभ मिलेगा राज्य सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दे दिया है मत्स्य निदेशालय ने मछली का बीमा करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है ये प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिये भेजा जायेगा प्रस्ताव पास होने के बाद बाढ़ बीमारी या दूसरे कारणों से मछली की क्षति होने पर मछली पालकों को मुआवजा दिया जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अनियमितता पकड़े जाने पर पिछले दो वर्षो में दो सौ से अधिक कॉलेजों की मान्यता समाप्त की है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी देते हुये बताया कि अब नये स्कूल कॉलेजों को ऑनलाइन आवेदन करने पर ही बिहार बोर्ड से संबद्धता मिलेगी दो से तीन महीने में इसकी शुरुआत हो जायेगी उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट और स्नातक में नामांकन के लिए अब बिहार बोर्ड में अलग सेल बनेगा बोर्ड के सारे कार्य को कंप्यूटराइज किया जायेगा शनिवार को पूर्णकालीन अध्यक्ष पद संभालने के बाद उन्होंने बताया कि इंटर और मैट्रिक की उत्तरपुस्तिका के लिए मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना शुरू की जायेगी सही मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी जो शिक्षक मूल्यांकन गलत करेंगे उन्हें दंडित किया जायेगा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है पंचांग के अनुसार यह पर्व आज और कल दो दिन मनाया जायेगा आज गृहस्थ आश्रम के लोग श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे जबकि वैष्णव मत वाले कल व्रत और पूजन करेंगे राज्य में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूमधाम तीन दिनों तक चलेगी जन्माष्टमी पर्व को लेकर प्रदेश भर में मंदिरों को आकर्षक ढंग सजाया गया है पटना के इस्कॉन मंदिर श्रीनागाबाबा ठाकरबाड़ी भीखमदास ठाकरबाड़ी सहित तमाम मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व का भव्य आयोजन किया जायेगा राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं श्री टंडन ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि श्रीकृष्ण भारतीय संस्कृति में भक्ति प्रेम ज्ञान कर्म और शांति के प्रभापुंज माने गए हैं उनकी जीवन लीलाओं और संदेशों से मानवता समरसता और शांति का संदेश मिलता है वहीं मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में उम्मीद जतायी कि यह पर्व प्रदेश में सामाजिक समरसता प्रेम और उत्साह के वातावरण को और मजबूत करेगा और बिहार सुखी समृद्ध और विकसित प्रदेश बनेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा दो हजार अठारह का परिणाम आज जारी किया जायेगा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि रिजल्ट तैयार कर लिया गया है जानकारी के मुताबिक दोपहर बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा दसवीं बोर्ड की मुख्य परीक्षा में किसी दो विषयों में असफल रहने वाले दो लाख सत्रह हजार परीक्षार्थी कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल हुये थे भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने अलग अलग अवधि वाले ऋण की न्यूनतम उधारी दर में शून्य दशमलव दो प्रतिशत की वृद्धि की है बैंक के इस कदम से आवास वाहन और अन्य कर्ज महंगे हो जायेंगे

बिहार लोक सेवा आयोग ने सिविल जज के तीन सौ उनचास पदों पर बहाली के लिये उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन पत्र मांगा है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आठ सितंबर से शुरू होकर अट्ठाईस सितंबर तक चलेगी खगड़िया की कविता कुमारी और नालंदा की श्वेता शाही का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल ट्रेनिंग कैम्प के लिये किया गया है ये कैम्प ओडिशा के मयूर भंज में एक सितंबर से दस सितंबर तक आयोजित किया जायेगा पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज बिहार अंडर टवेंटी थ्री फ्री स्टाईल और ग्रीको रोमन कुश्ती टीम के लिये खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा पटना में एक बिजली मिस्त्री के साथ मारपीट करने के आरोप में दीघा थाने के दारोगा समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है भोजपुर पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियारों के साथ दस अपराधियों को गिरफ्तार किया है इन अपराधियों ने आरा रेलवे स्टेशन पर हये दोहरे हत्या कांड के साथ ही सीएसपी संचालक की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है एशियाई खेलों में सढ़सठ साल बाद भारत ने रिकॉर्ड तोड़ा दैनिक जागरण की सुर्खी है एसबीआई ने महंगा कर दिया कर्ज दैनिक भास्कर ने एक दिलचस्प सुर्खी लगाते हुये लिखा है शेल्टर होम इफेक्टः समाज कल्याण विभाग में लगी नौकरी पर ज्वाइनिंग को तैयार नहीं हैं चालीस कर्मचारी प्रभात खबर की सुर्खी है देश में चलता फिरता बैंक शुरू घर तक पहुंचेंगी सेवाएं

और प्रदेश भर में जन्माष्टमी की धूम मंदिरों में भव्य आयोजन